इस वर्ष का विषय है डिजिटल युग में पत्रकारिता आचार नीति और चुनौतियां शिमला में हुए राज्यस्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया को आम जनमानस से जुड़े मुद्दों को भी उजागर करना चाहिए ताकि सरकारी स्तर पर उचित कार्रवाई की जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है उन्होंने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां चुनौतियां न हो और पत्रकारिता भी इसका अपवाद नहीं है इस मौके सोलन में हुए कार्यक्रम में सोलन के उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि डिजिटल युग में जिस तरह से समाचार वेब पोर्टल का अंधाध्ंध प्रयोग किया जा रहा है इसके लिए उचित नियम बनाने की जरूरत है ताकि समाचारों की विश्वसनीयता बनी रही

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है

माई जी ओ वी डॉट आई एन पर भी विचार भेजे जा सकते हैं

मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बाल उद्वार योजना के तहत बाल आश्रमों की संयुक्त योग्यता सूची में दस छात्रों व दस छात्राओं को दस हजार रुपए की एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ट्रटीकंडी के बालिका आश्रम में महिला व बाल कल्याण निदेशालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अवसर पर ये बात कही उन्होंने कहा कि ये छात्रवृत्ति बाल आश्रम में आठवीं से बारहवीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को दी जाएगी जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी उन्होंने खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जनमंच सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिले के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भद्रवाल में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनमंच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनहितैषी सोच को दर्शाता है उन्होंने कहा कि जनमंच द्रदराज के ग्रामीण लोगों की छोटी छोटी शिकायतों का उनके घर द्वार पर समाधान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

पत्र सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार इसमें सिरमौर जिले के विभिन्न विभागों की आहरण व संवितरण अधिकारियों और पैंशन संगठनों के पदाधिकारी भाग लेंगे इसका उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की गई पैंशन सामान्य भविष्य निधि और ऋणों से संबंधित अधिसूचनाओं सहित विभिन्न मामलों के निपटान हेत् विस्तृत चर्चा व समाधान है भाजयुमो सुजानपुर में आयोजित होने वाले भाजयुमो के युवा सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज हमीरपुर में एक बैठक हुई भाजयुमो अध्यक्ष अभयवीर सिंह लवली ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश सरकार की एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश भाजपा के कार्यकाल से विकास को गति मिली है और प्रदेश में अनेक जनकल्याण नीतियां शुरू की गई है नमस्कार